अजमेर में ख्वाजा साहब दरगाह के गद्दी नशीन सैयद फखर काजमी चिश्ती साहब ने लोगों से घर में ही रहकर इबादत करने की अपील की

जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियां कल से शुरू हो जाएगी गृह मंत्रालय द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए है उन मजदूरों को औद्योगिक विनिर्माण खेती और मनरेगा से जुड़े कार्यो में लगाया जा सकेगा इन मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश में जाने की अनुमति नहीं होगी वहीं एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूरो की स्क्रीनिंग की जाएगी और यदि वे संक्रमण रहित पाए जाते है तो उन्हें उनके सम्बन्धित कार्यस्थल पर भेजा जा सकता है कल से बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों को छूट मिलेगी ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे कृषि पश्पालन और बागवानी से जुड़ी गतिविधियां पूर्णतयाः चालू रहेगी खेतों में कृषि कार्य एजेंसियों द्वारा कृषि उत्पाद की खरीद राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित मण्डियां या उनके द्वारा खरीद दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां चालू रहेगी मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है

केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्टा होने की अनुमति नहीं देनी होगी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकने पर जुर्माना लगेगा और शराब गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा सरकार ने सभी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है प्रदेश में भी संक्रमण रहित क्षेत्रों में कल से केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार कई गतिविधियां शुरू हो जाएगी इनमें बूंदी जिला भी शामिल है

इसके लिए कम से कम कार्मिकों को बारी बारी से कार्य पर बुलाया जाएगा शेष कर्मचारियों को हैडक्वाटर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा कार्यालय समय के दौरान घर पर ही उपरिथत रहेंगे

प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की खबरे भी आ रही है

सिरोही में पुलिसकर्मी ड्यूटी के साथ साथ मास्क बनाकर लोगों को वितरित कर रहे है भरतपुर में घुडसवार गश्ती दल में शामिल पुलिसकर्मी मौहल्लों और बाजारों में घूम घूमकर लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रहे है

जिले में आज कुम्हेर के एक गांव में सोशल डिस्टेसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए शादी भी हुई

ओटीपी में आ रहीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं का वितरण अब आधार नंबर के माध्यम से किया जाएगा खाद्य मंत्री आज फेसबुक लाइव के जरिए लॉकडाउन अवधि के दौरान खाद्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों और कार्यों के बारे में आमजन से चर्चा कर रहे थे

ब्रंदी के रामबाबू ने आकाशवाणी को बताया कि सरकार की ओर से की जा रही मदद से लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में उन्हें घर चलाने में आसानी हो रही है जालौर जिले के किसान समर्था राम ने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत मिले दो हजार रूपये से उन्हें मदद मिली है

दिशानिर्देशों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ही चलाये जाने की अनुमति है